बैठक में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम को लागू करने और पंचायती राज विभाग में चौकीदार पॉलिसी के संबंध में चर्चा हो सकती है इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने का निर्णय भी लिया जा सकता है परीक्षा पे चर्चा देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का उत्सुकता से इतंज़ार कर रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रश्नों के उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे मुलाकात कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक व द्विपक्षीय संबंधो को और अधिक प्रगाढ़ करने के बारे में विस्तृत चर्चा की प्रतिबंध राज्य सरकार ने मादक द्रव्यों पर प्रतिबन्ध के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड गठित किया है यह बोर्ड राज्य में विभिन्न दवाओं और नशीली दवाओं की प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सह समन्वयक के रूप में कार्य करेगा इसके अलावा बोर्ड अन्तरराज्यीय स्तर पर मादक द्रव्यों की तस्करी उत्पादन और वितरण रोकने के लिए सुझाव भी देगा

मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने शिमला में कल एक बैठक में कहा कि जनगणना कार्य में पारदर्शिता और सही जानकारी के संकलन के लिए अधिकतर कार्य मोबाईल ऐप के माध्यम से संपादित कराया जाएगा मुख्य सचिव ने लोगों से इस राष्ट्रीय कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेने और प्रगणकों को सही व पूर्ण जानकारी देने की अपील की है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने और कोटखाई अग्निकांड से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है स्पीकर बिंदल आज दे सकते हैं इस्तीफा नामांकन से पहले आज हिमाचल पहुंचेंगे निशंक और पांडे दैनिक जागरण का शीर्षक है भाजपा संभालने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष पद छोड़ेंगे बिंदल दिव्य हिमाचल लिखता है आज विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे बिंदल भाजपा अध्यक्ष पद के लिए कल भरेंगे नामांकन कोटखाई अग्निकांड पर दैनिक भास्कर ने लिखा है कोटखाई के प्रेम नगर में आग पांच दुकानें दो मकान पोस्ट ऑफिस पंचायत घर हुआ राख

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कोटखाई में पांच दुकानों समेत एक दर्जन से ज्यादा इमारतें राख पंजाब केसरी की एक खबर है आईजी जहूर जैदी संस्पैंड अदालत के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार ने की कार्रवाई दैनिक भास्कर ने लिखा है सूरज हत्याकांड के आरोपी आईजी जैदी सस्पेंड आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखा है रिलायंस टाटा महेंद्रा गोदरेज जैसे बड़े औद्योगिक घरानों को प्राथमिकता दी जाएगी अजीत समाचार के शब्द हैं जयराम द्वारा एमओयू निर्धारित करने के निर्देश

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं ज्वाइंट वेंचर में बनेगा मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौसम पर आपका फैसला का कहना है हिमाचल में अभी खराब रहेगा मौसम प्रदेश ठंड की चपेट में दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं हिमाचल के बर्फीले क्षेत्रों में मौसम खुलते ही हिमखंड गिरने का खतरा पंजाब केसरी का शीर्षक है उड़ानें रदद होने से जनजातीय क्षेत्रों में फंसे लोग मरीज बेहाल